ये जानकारी उन्होंने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी

लेकिन अब वास्तविक स्थिति के मददेनजर नए सिरे से पनः लक्ष्य निर्घारित कर उसके अनुसार कार्य ऑरम्म किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इन कार्यो में स्थानीय मजदूरों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा ताकि परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जा सके

वे आज शिमला में मुख्य सचिव की मौजूदगी में आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे राज्यपाल ने कहा कि मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए पीपीई किट और अन्य आवश्यक सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए बंडारू दत्तात्रेय ने किसानों और बागवानों के कृषि उत्पादों के लिए पैकेजिंग व परिवहन सुविधा को व्यापक तौर पर सुव्यवस्थित करने की जरूरत भी बताई

एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज़ के तहत गरीबों मजदूरों किसानों विधवाओं और दिव्यांग जनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है

प्रशासन ने रिपोर्ट मिलते ही कोरोना पीड़ित व्यक्ति को बददी अस्पताल शिफ़ट कर दिया है डॉक्टर यंशवंत सिंह परमार मैडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कांगा ने बताया कि इस व्यक्ति को क्वारंटाईन सेंटर में रखा गया था और इस दौरान इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी रिपोर्ट को दोबारा सीआरआई कसौली भेजा गया जिसमें जमात से जुड़े व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी अस्पताल में कोविड के संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति का पता चलने के बाद क्वारंटाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जाएगी

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कांफ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने से पहले हुई थी